नई दिल्ली में आज जागरण मंच की विचार गोष्ठी में श्री मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं और स्वच्छ भारत अभियान को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का रूप देने के लिए मीडिया की भूमिका की सराहना की है प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल क्रांति से मीडिया का विस्तार हुआ है और आने वाले दिनों में समाज में मीडिया की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी उन्होंने आशा व्यक्त की कि नया मीडिया नये भारत की नींव को और ताकत देगा उन्होंने कहा कि जब हम नये भारत की बात करते हैं तो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेस और सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ते हैं एक ऐसी व्यवस्था की बात करते हैं जो जन भागीदारी से योजना का निर्माण करेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पिछले साढ़े चार साल में इसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ी है सरकार के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि हर क्षेत्र में बदलाव दिखाई दे रहा है और लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोशल मीडिया के मंच इंस्टाग्राम पर सर्वाधिक लोकप्रिय वैश्विक नेता बनकर उमरे हैं उन्हें एक करोड़ अड़तीस लाख लोग फॉलो करते हैं श्री मोदी के बाद एक करोड़ बाईस लाख फॉलोअर्स के साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो दूसरे स्थान पर हैं जबकि अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर एक करोड़ फॉलोकर्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं प्रधानमंत्री मोदी ट्विटर और फेसबुक पर भी बहुत सक्रिय हैं ट्विटर पर चार करोड़ तीस लाख से ज्यादा और फेसबुक पर चार करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स की संख्या के साथ श्री मोदी सोशल मीडिया पर सर्वाधिक लोकप्रिय वैश्विक नेता हैँ उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बेहतर चिकित्सा सुविधाओं को किफायती बनाने पर जोर दिया है नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान एम्स में दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हए श्री नायू ने कहा कि गांवों में बढ़े शहरों की तरह आध्निक चिकित्सा सुविधाए उपलब्ध कराने की जरूरत है सरकार के आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सराहना करते हुए श्री नायड् ने कहा कि यह कार्यक्रम गरीबों के स्वास्थ्य की जरूरतों के हिसाब से बहत ही उपयोगी साबित होगा दीक्षांत समारोह में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से पिछले दो महीनों में चार लाख पचास हजार मरीजों को फायदा पहुंचा है उच्चतम न्यायलय ने वित्तमंत्री अरूण जेटली के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक की आरक्षित प्रंजी से सम्बद्ध जनहित याचिका खारिज कर दी है शीर्ष न्यायालय ने जनहित याचिका दायर करने वाले वकील एम एल शर्मा पर पचास हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने कहा है कि याचिका पर सुनवाई के लिए कोई ठोस कारण नहीं है आज सशस्त्र बल झंडा दिवस है यह देश की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों और रक्षाकर्मियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए हर साल सात दिसम्बर को मनाया जाता है रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन ने एक ट्वीट में कहा कि संकट की घड़ी में सेना बचाव के लिए हमेशा तत्पर रहती है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत उद्यान विभाग द्वारा बलरामपुर जिले में आज से औद्यानिक विकास विषय पर दो दिवसीय किसान गोप्ठी और किसान मेले का आयोजन शुरू हुआ किसान मेले में कृषि विभाग गन्ना विकास विभाग मत्स्य पालन विभाग सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के स्टाल लगाये गये हैं जिससे किसानों को कृषि सम्बन्धी जानकारी दी जा रही है इसके अलावा मेले में वैज्ञानिक भी किसानों को उन्नतशील खेती और कृषि यंत्र तथा उर्वरकों के संतुलित प्रयोग की जानकारी दे रहे हैं मेले का उद्घाटन करते हये बलरामप्र के विधायक पलटू राम ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिये अनेक योजनायें चला रही है प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज हुयी सड़क दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गयी जबकि दो अन्य लोग घायल हो गये आगरा के खन्दौली क्षेत्र में कार और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गयी मरने वाले लोग एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे उधर जौनपुर के बक्शा क्षेत्र में आज तड़के एक तेज रफ्तार चारपहिया वाहन के पलट जाने से दो लोगों की मृत्यु हो गयी जबकि दो अन्य घायल हो गये घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जौनपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के रेहटी गांव में एक दीवार के गिर जाने से उसके मलबे में दब कर तीन बच्चों की मौत हो गयी जबकि एक बच्चा घायल हो गया घायल बच्चे को इलाज के लिये जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है